दूसरे चरण में जयपुर जयपुर ग्रामीण श्रीगंगानगर बीकानेर चूरू झुंझुंन सीकर अलवर भरतपुर करौली धौलपुर दौसा तथा नागौर लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले गए

मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने प्रेसवार्ता में बताया कि तेज गर्मी के बावजूद मतदाताओं में वोट डालने को लेकर विशेष उत्साह देखा गया सुबह से ही मतदान केन्द्रों पर लम्बी कतारे लग गयी

इस चरण में कुछ स्थानों पर ईवीएम और वीवीपैट मशीनों में खराबी के कारण मतदान में देरी हुई वहीं झुंझुनू और सीकर जिले में एक एक मतदान केन्द्र पर मध्मक्खियों के हमले के कारण मतदाता जख्मी हो गए और मतदान प्रकिया बाधित हुई लोकसभा चुनाव के छठे और सातवें चरण के प्रचार में तेजी आ गई है

विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता इन दिनों रैलियां और रोड शो कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल पश्चिम बंगाल और झारखंड में चाईबासा में जनसभाओं को संबोधित किया वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने हरियाणा और दिल्ली में चुनावी सभाओं को संबोधित किया बहजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने भी कल उत्तर प्रदेश के बस्ती और बलरामपुर जिलों में चुनावी रैलियों में शिरकत की उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों को निराधार पाया गया है सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक समति ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है इसके अनुसार समिति को शीर्ष अदालत की पूर्व अधिकारी और शिकायतकर्ता के आरोपों में कोई तथ्य नजर नहीं आया हालांकि ये रिपोर्ट फिलहाल सार्वजनिक नहीं की गई है उच्च न्यायालय ने कहा है कि जैसलमेर जिले में स्थित पालीवालों के प्राचीन गांव कुलधरा में पुनरुद्वार की आड़ में नया निर्माण नहीं करवाया जा सकता कोर्ट ने अब तक पुनरुद्वार के नाम पर किए गए निर्माण या पुनर्निर्माण का पुरा महत्व के लिहाज से मूल्यांकन करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई विभाग के सुपरविजन में एक कमेटी गठित करने के निर्देश दिए है

प्रदेश में आज अक्षय तृतीया का पर्व ध्रमधाम से मनाया जा रहा है अक्षय तृतीया पर अबूझ सावा होने के चलते बडी संख्या में बाल विवाह की आंशका को देखते हुए प्रदेशभर में प्रशासन ऐहतियात बरत रहा है अजमेर जिले में भी सभी उपखंड मुख्यालयों और जिला कलेक्ट्रेट में नियंत्रण कक्ष बनाये गये हैं जो चौबीस घंटे खुले रहेंगे इसके अलावा विवाह समारोहों में काम करने वाले हलवाइयों बाजे वालों और पंडितों से भी बाल विवाह होने की जानकारी नियंत्रण कक्ष को देने के आदेष दिये गये है उधर सवाईमाघोप्र में भी बाल विवाह की रोकथाम के लिये नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है अक्षय तृतीया पर आज जयपुर में भी शहनाईयों की गूंज और मेहमानों की रोनक रहेगी शहर में विभिन्न समाजों की ओर से सामुहिक विवाहों का भी आयोजन किया जा रहा है उधर जिला प्रशासन ने बाल विवाह की रोकथाम के लिये निर्देश जारी किये है जयपुर सहित राज्य के विभिन्न शहरों में आज भगवान परश्राम जन्मोत्सव के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजन भी किया जा रहा है रमजान का महीना आज से शुरू हो गया है पहला रोजा आज रखा जा रहा है रमजान के पाक महीने में रोजेदार एक महीने रोजे रखकर इबादत करेंगे इस दौरान जयपुर सहित राज्य के विभिन्न जिलों में प्रशासन ने पेयजल की विशेष आपूर्ति सहित विभिन्न व्यवस्थाओं के निर्देश दिये है

प्रदेश में मौसम का मिजाज तल्ख होता नजर आ रहा है कल सियासी गर्मी के बीच मौसमी पारे में भी बढत देखने को मिली